प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर देते हुए कहा है कि कोरोना संकट ने हमें आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में तेजी से काम करने का अवसर दिया है इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एनुअल प्लेनरी सेषन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा वक्त लोकल के लिए वोकल होने का है उन्होंने कहा कि भारत अपने प्रयासों से दूसरे देषों पर अपनी निर्भरता कम करे

आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने कहा कि भारत जितना बड़ा देश है उसे देखते हुए महामारी का फैलाव काफी कम है

नीति आयोग के सदस्य डॉ विनोद पॉल ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार शहरी झुग्गी बस्तियों में कोविड महामारी का प्रकोप अधिक देखा गया है

झारखंड में आज कुल पन्द्रह कोरोना के नये मामले सामने आये हैं इसमें सिमडेगा से पांच रांची से दो लातेहार से एक और पलामू से सात नये कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही अब तक राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या पन्द्रह सौ छियासठ हो गयी है पलामू में आज सात नये कोरोना मरीजों की पहचान की गयी है सभी संक्रमित मरीज हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र के निवासी हैं इनमें से छह प्रवासी और एक स्थानीय नागरिक है वहीं जामताड़ा में आज दो मरीजों ने कोरोना को हराया इधर हजारीबाग जिले में आज तेरह लोगों ने कोरोना को मात दी इसके साथ ही हजारीबाग में स्वस्थ होनेवालों की संख्या संतानबे हो गयी है अब केवल बत्तीस सकिय मामले बचे हैं

चतरा जिले में पिछले तीन दिनों में क्ल अठाईस पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं गिरिडीह जिले में पिछले चौबीस घंटों में अठारह कोरोना पॉजिटिव केस सामने आये हैं उपायुक्त राहल कुमार सिन्हा ने बताया कि एक ही दिन में अठारह कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद गांव में कफ्यूँ लगाकर सेनिटाइजेषन का काम शुरू किया गया है उन्होंने बताया कि गिरिडीह सदर प्रखंड में पांच बेंगाबाद में एक डुमरी में एक र्पीरटांड में चार और राजधनवार में सात पॉजिटिव केस मिले हैं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

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे यह ट्रेन बॉर्डर रोड ऑर्गनाईजेषन बीआरओ और झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में चलाया जा रहा है देष के विभिन्न हिस्सों में कर्मचारियों को पहुंचाने का काम कल से शुरू हो जाएगा कल द्रमका से उधमपूर के लिए ट्रेन रवाना होगी वहीं तेरह जून चंडीगढ़ के लिए सोलह जून को दुमका से चंडीगढ़ बीस जून को दुमका से उधमपुर चौबीस जून को दुमका से चंडीगढ़ अठाईस जून को दुमका से उधमपुर और चार जुलाई को देवघर से उधमपुर के लिए विषेष ट्रेन चलायी जाएगी

हमारे संवाददाता द्वारा बताया गया है कि को ऑपरेटिव बैंक का खाता एक्सिस बैंक के बैंक मोड़ ब्रांच में है अपराधियों ने एक्सिस बैंक का सिस्टम हैक कर देष के अलग अलग जगहों से उन्नीस खातों में रकम भेजी और यहां से पूरे पैसे की निकासी कर ली मामले की षिकायत को ऑपरेटिव बैंक के मुख्य तकनीकी अधिकारी रमने श्रीवास्तव ने साईबर थाना में की है साईबर डीएसपी सुमित सौरव लकड़ा ने इस मामले में बताया कि अपराधियों के उस नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है जिसने मामले को अंजाम दिया है कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने आज सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक की

उन्होंने उपायुक्तों को किसानों से उचित मूल्य पर बीज लेने का निर्देष दिया कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने आज प्रेसवार्ता कर केन्द्र सरकार की उपलब्धियां गिनायी उन्होंने कहा कि वैष्विक महामारी के बीच केन्द्र सरकार और भाजपा के कार्यकर्ता लोगों की सेवा में जुटे हैं दूसरी तरफ अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर निषाना साधा और कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी को वापस लाने के लिए राज्य सरकार गंभीर नहीं थी उधर भाजपा के प्रदेष उपाध्यक्ष ने आज रामगढ़ में एक संवाददाता सम्मेलन में केन्द्र सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को मेकॉन द्वारा राज्य में किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी और अतिरिक्त कार्य देने कॉ आग्रह किया राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में आज मॉनसून ने दस्तक दी पूर्वी सिंहभूम सरायकेला खरसावां चाईबासा समेत कई जिलो में मॉनसून की बारिष हुई मौसम विभाग ने मानसून के प्रवेष की संभावना जताई थी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में मानसून संताल परगना के रास्ते दस्तक देगा

मौसम विभाग ने बारिष के साथ वज्रपात होने की संभावना जतायी है

पीआईबी द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है संक्षिप्त खबरें बुंडू में अक्षय पात्रा फाउंडेषन से जुड़े डॉक्टर दंपत्ति बुंडू के ग्रामीण इलाकों में राहत सामग्री पहंचाने का कार्य कर रहे हैं अक्षय पात्रा फाउंडेषन के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक विकास सिंह मुंडा ने राषन वितरण किया बोकारो जिला प्रषासन द्वारा आज हवाई अड़डा परिसर में चास नगर निगम के दो सौ से ज्यादा सफाई कर्मियों के बीच राषन का वितरण किया गया इस मौके पर उपविकास आयुक्त रवि रंजन मिश्रा ने कहा कि लॉक डाउन के शुरूआत से ही प्रषासन द्वारा जिले भर में जरूरतमंदों के बीच सूखा राषन वितरण किया जा रहा है सिमडेगा जिले के दो थानाक्षेत्रों में दो लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली पहली घटना कुरडेग के बरटोली गांव की है जबकि दूसरी घटना सदर थानाक्षेत्र के सुंदरपुर लोहराटोली की है हजारीबाग में उत्पाद विभाग ने बिहार भेजे जानेवाले विदेषी शराब की एक खेप को जब्त किया है विभाग के प्रभारी अवर निरीक्षक जीतेन्द्र कुमार ने बताया कि पिछले कई दिनों से विभाग द्वारा अवैध देसी और विदेषी शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है रामगढ़ जिला आपूर्ति पदाधिकारी केके राजहंस और सहायक आपूर्ति पदाधिकारी राजषेखर कुमार द्वारा अवैध रूप से राषन कार्ड रखने और इसका लाभ लेने के खिलाफ आज जांच अभियान चलाया गया